केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कल नई दिल्ली में बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य देश की प्रत्येक महिला के प्रजनन संबंधी अधिकार को सुनिश्चित करना है उन्होंने कहा कि इस विधेयक के जरिए एक राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया जायेगा जो इस क्षेत्र से जूड़े विभिन्न क्लिनिकों में कार्यरत लोगों के लिए एक आचार संहिता तैयार करेगा भेंट जल शक्ति मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने केन्द्र से जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के लिए धनराशि जारी करने का आग्रह किया है केन्द्रीय जल शक्तिमंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत से नई दिल्ली में भेंट के दौरान कल उन्होंने कहा कि हिमाचल देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने इस मिशन के तहत जारी पूरी धनराशि का उपयोग कर लिया है सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार लोगों को आध्निक चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध करवाने के लिये प्रतिबद्व है वे कल कांगड़ा जिले के शाहपुर नागरिक अस्पताल में लगाए गए निशुल्क बहु विशेषज्ञ शल्य चिकित्सा शिविर के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहीं थी सरवीण चौधरी ने कहा कि हिमकेयर और सहारा योजनाओं के माध्यम से प्रदेश के जरूरतमंद लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधायें प्रदान की जा रही हैं

प्रधानमंत्री ने लोगों से विचार भेजने का आग्रह किया है लोग एक आठ शून्य शून्य एक एक सात आठ शून्य शून्य डायल कर अपने संदेश रिकार्ड करवा सकते हैं और नमो ऐप ओपन फोरम या ऑन माइ जीओवी पर लिख सकते हैं वे एक नौ दो दो पर मिस्ड कॉल देकर एसएमएस पर प्राप्त लिंक को फॉलो कर अपने सुझाव भी दे सकते हैं कुंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि ऊना जिला के बंगाणा और आसपास के इलाकों के लिए अगले तीन वर्षों में सीवरेज सिस्टम बनकर तैयार हो जाएगा कंवर ने कल ऊना में कहा कि इस सीवरेज सिस्टम के बन जाने से बंगाणा उपमंडल की एक बड़ी आबादी लाभान्वित होगी

दैनिक जागरण का शीर्षक है ऑनलाइन विधानसभा के ऑफलाइन विधायक बजट सत्र के लिए भेजे हस्तलिखित प्रश्न

हिमाचल दस्तक ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से खबर दी है एयरपोर्ट को राजनीतिक दृष्टि से न देखें आपका फैसला के शब्द हैं देहरा अस्पताल में बढ़ेंगे चिकित्सकों के पद दिव्य हिमाचल ने लिखा है जनता का दर्द जेहन में पर एयरपोर्ट विस्तार जरूरी मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है येलो अलर्ट आज से अंधड़ तूफान के साथ बारिश बर्फबारी शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी में रिजल्ट का नहीं होगा पेंच दिव्य हिमाचल की एक खबर है पंजाब केसरी लिखता है केसीसीबी ने जीएम से छीन ली शक्तियां गलत ऋण आवंटन को लेकर कार्रवाई विधानसभा के अध्यक्ष पद पर होगी नरेंद्र बरागटा की ताजपोशी आपका फैसला की एक खबर है बिना काम करवाए तीन साल में खर्च डाले सात करोड़ रूपए शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है लोकायुक्त की नियुक्ति के बगैर स्टाफ पर फिजूलखर्ची दैनिक सवेरा टाइम्स की एक खबर है फिर करो पुलिस के जूता खरीद घोटाले की जांच जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है दोबारा होगी पुलिस विभाग के जूता घोटाले की जांच